मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

देश के टीका नियामक औषध महानियंत्रक ने स्वदेशी कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया है

प्रत्येक जिले में एक वैक्सीन बैंक भी उपलब्ध है उन्होने बताया कि टीकाकरण के दौरान किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के लिये वैक्सीनेशन केन्द्रों पर एम्बुलेन्स सुविधा भी उपलब्ध रहेगी प्रदेश में कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिये सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा रही हैं

जिला कलेक्टर ने इस बारे में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये बूंदी मे आज जिला कलेक्टर ने कोविड टीकाकरण के लिये बनाये गये केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

आज के प्रश्न हैं क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है अगर कोई व्यक्ति टीकाकरण केन्द्र पर फोटो आईडी नहीं दिखा पाता है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जायेगा इसका जवाब है नहीं कोरोना वैक्सीनेशन के लिये पंजीकरण अनिवार्य है पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जायेगी टीकाकरण केन्द्र पर फोटो आईडी पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिये जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को ही वैक्सीन लगाया गया है

राजस्थान सहित सात राज्यों केरल मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश हरियाणा गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि राज्यों के पशुपालन विभागों को स्वास्थ्य विभाग के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर प्रभावी संवाद करना चाहिए

इनमें ज्यादातर कौवे हैं मोर तथा कुछ अन्य पक्षियों की भी मौत हुई है

विभाग का कहना है कि इस वायरस का संकमण अभी मुर्गियों में नहीं फैला है

प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आज जयप्र में एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुये बताया कि कांग्रेस पदाधिकारियों को योग्य उम्मीदवार की तलाश करने का काम सौंपा गया है पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिये पार्टी कार्यकर्ताओं से फीड बैक मांगा गया है

इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो जायेगा

सीकर चूरू और बीकानेर में शीतलहर का असर बना हुआ है हालांकि रात का पारा सामान्य से अधिक बना हुआ है बूंदी में आज सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा पिछले तीन दिन तक हुई बारिश के कारण जिले के कई भागों में खेतों में पानी भर गया उदयपुर में सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा और दिन में बादल छाये रहे

राज्य में नया पश्चिमी विक्षोम सकिय होने से अगले दो दिनों में कई जिलों में शीतलहर की संभावना है मौसम विभाग ने सीकर झुन्झुनू अलवर गंगानगर बीकानेर पाली दौसा हनुमानगढ और चूरू जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है साथ ही कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है

युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन होता है